बजट को और अधिक लोक केन्द्रित बनाने के उद्देश्य से सरकार ने आम लोगों उद्यमियों व्यापारियों और कृषक संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं

इस पोर्टल से सूक्ष्म लघु व मध्यम इकाईयों को ऋण लेने में आसाना होगी इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा धर्मशाला में प्रदेश के लिए पोर्टल का शुभारंभ करेंगे ये कार्यक्रम राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय धर्मशाला में आयोजित होगा

कुरियाला में कल जनसमस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि किसानों के ट्रैक्टर पंजीकरण की प्रकिया का सरलीकरण किया गया है

त्रिगर्त उत्सव कांगड़ा घाटी की कला संस्कृति और इतिहास के विविध पहलुओं से लोगों को रूबरू करवाने के लिए आज से त्रिगर्त उत्सव शुरू हो रहा है प्रदेश भाषा व संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव का शुभारंभ खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर करेंगे जिला उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि उत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हए हैं पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ रहने के बावजूद सुबह शाम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है

विमाग ने आज और कल प्रदेश के मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर गर्ज के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है

अमर उजाला की सुर्खी है एशिया में हाई स्पीड माईको चिप बनाने वाला पहला देश बनेगा भारत आईआईटी मंडी में तैयार होगी नैनो चिप अजीत समाचार के शब्द हैं अब मंडी आईआईटी में विकसित होगी नैनोचिप पंजाब केसरी की एक खबर है प्रदेश में जमीन लीज़ पर देने के नियमों का होगा सरलीकरण मंत्रिमंडल बैठक में मामले को लाने की तैयारी

हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है मेरे साथ चार्जशीट चार्जशीट ने खेले कांग्रेस जबकि आपका फैसला का शीर्षक है भाजपा नेताओं पर झूठे आरोप लगाने वालों को नहीं बख्शेंगे वहीं दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं कांग्रेस पहले अपनी पांच साल की कारगुजारी बताए फिर चार्जशीट की बात करे

मैक्लोडगंज बस अड्डा निर्माण में गड़बड़झाला शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जांच पूर्व डीसी समेत कई अधिकारियों पर कसेगा शिकंजा

मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है प्रदेश में आज से ओलावृष्टि की चेतावनी आपका फैसला के अनुसार हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी अब पावरफुल बोर्ड निगमों में ताजपोशी की तैयारी शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है स्कूल शिक्षा प्रदूषण नियंत्रण बीस सूत्रीय कार्यक्रम संग एचपीटीडीसी में होंगी तैनातियां

एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय देवभूमि पर दाग में लिखा है कि हिमाचल में अपराध पर रोक लगाने के लिए पुलिस के साथ लोगों को सजग होना होगा बच्चे सुरक्षित रहें इसके लिए उन्हें भले बुरे के बारे में जागरूक करने की जरूरत है दिव्य हिमाचल अपने संपादकीय में लिखता है कि आज तक की तमाम चार्जशीटों का निष्कर्ष अगर शून्य रहा तो इस दस्तूर से खेलता लोकतंत्र आखिर किधर जा रहा है शीर्षक है कुछ सवाल कांग्रेस के